मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मादक पदार्थों से निपटने के लिए संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत पर दिया बल विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सतापक्ष और विपक्ष से मॉनसून सत्र के सुचारू संचालन में सहयोग की उम्मीद जताई और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती सदभावना दिवस के रूप में मनाई गई अटल श्रद्वांजलि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के लिये आज नई दिल्ली में सर्वदलीय प्रार्थना सभा हुई इसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं सहित अनेक लोग शामिल हए इधर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर आज एक शोक प्रस्ताव पारित किया मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दिवंगत नेता के राष्ट्र और प्रदेश के लिए दिए गए योगदान को याद किया गया मंत्रिमंडल में रोहतांग सुरंग का नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करने के लिए प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजने का फैसला लिया है इसके अलावा मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री आदर्श विद्या केंद्र योजना का नाम श्री अटल आदर्श विद्या केंद्र और मुख्यमंत्री आर्शीवाद योजना का नाम श्री अटल आर्शीवाद योजना करने का निर्णय भी लिया बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री की याद में मनाली में स्मारक और शिमला में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का फैसला भी लिया गया मंत्रिमंडल ने दिवंगत आत्मा के सम्मान में दो मिनट का मौन रखा

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल व उपाध्यक्ष हंसराज सहित विधानसभा के सभी अधिकारी व कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे राजीव बिंदल ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी एक प्रखर वक्ता और विलक्षण प्रतिभा को राजनेता थे उन्होंने कहा कि वे सभी पार्टियों में लोकप्रिय थे और उनके पास अद्भुत साहस था सीएम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि मादक पदार्थों का दुरूपयोग समाज के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है और इस सामाजिक बुराई से निपटने के लिए एक संयुक्त रणनीति बनाने की जरूरत है ये बात आज उन्होंने शिमला से वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा पंजाब राजस्थान और उ ताराखंड के मुख्यमंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए कही जयराम ठाकुर ने कहा कि मादक पदार्थों का सेवन केवल कुछ प्रदेशों तक सीमित नहीं है बल्कि ये एक वैश्विक समस्या है उन्होंने कहा कि प्रदेश में मादक पदार्थों के तस्करों की करीब एक हजार गिरफ्तारियां की गई हैं और अंतराज्यीय स्तर पर इससे निपटने के लिए एक संयुक्त कार्य दल गठित करने की जरूरत है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार मादक पदार्थों का दुरूपयोग रोकने के लिए एक कार्य प्रणाली विकसित करने पर विचार कर रही है जिसमें स्कूली विथार्थियों की नियमित तौर पर चिकित्सीय जांच की जाएगी बैठक में हरियाणा के पंचकुला में एक साझा सचिवालय गठित करने का निर्णय लिया गया जिसमें सभी पड़ौसी राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे मुख्यमंत्री इधर मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र की अध्यक्षता में शिमला योजना क्षेत्र की रिटेंशन पॉलिसी पर शिमला में आज एक बैठक हुई इस दौरान रिटेंशन पॉलिसी से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और शहर का व्यवस्थित विकास सुनिश्चित करने पर बल दिया गया टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के प्रधान सचिव प्रबोध सक्सेना ने बैठक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से रिटेंशन पॉलिसी की विस्तृत जानकारी दी शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी वन मंत्री गोबिंद ठाकुर और मुख्य सचिव विनित चौधरी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे किशन कपूर खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने धर्मशाला के कस्बा नरवाणा में बनाए जा रहे ट्यूलिप गार्डन के निर्माण में अनियमितता बरतने पर कड़ी आपश्ति जताई है उन्होंने आज कार्य की प्रगति का जायजा लेने के लिए कस्बा नरवाणा का दौरा किया

किशन कपूर ने ट्यूलिप गार्डन का निर्माण कार्य खड्ड में करवाए जाने पर एतराज जताते हुए कहा कि जनता के पैसे का दुरूपयोग कतई बर्दाशत नहीं किया जाएगा उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए बि क्र म ठाक्र उद्योग मंत्री बि क्र म ठाकुर ने आज जसवां परागपुर के डाडासीबा और रक्कड़ पंचायत में जनसमस्याएं सुनी और अधिकांश का मौके पर निपटारा किया उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना शुरू की गई है बि क्रम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के तहत राज्य सरकार युवाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दे रही है उन्होंने बताया कि इसके तहत बेरोजगार युवा अस्पतालों उद्योंगों और आवास परिसरों में खाने की आपूर्ति कर सकते है इसके लिए वे सामुदायिक रसोई स्थापित करके भोजन सामग्री तैयार कर सकते हैं जिससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा बाद में बिक्र म ठाकुर ने क्षेत्र में विभिन्न स्थानो पर बरसात से हुए नुकसान प्रभावितों से मिलकर राहत कायोँ का जायजा लिया

राजीव बिंदल ने बताया कि कागज रहित हो चुकी हिमाचल प्रदेश वि धानसभा की ई वि धाान प्रणाली को अब पूरा देश अपनाएगा

इसके माध्यम से लघु उद्योग लगाने के लिए युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण देने का प्रावधान है

यह रिपोर्ट वीओ मुद्रा योजना के तहत स्वरोज़गार शुरू करने की तरफ यूवाओं का रूझान लगातार बढ़ता जा रहा है

हिमाचल के अनेक युवा भी इस योजना का लाभ उठा रहे है

निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एक ओर जहां युवाओं को आत्मनिर्भर बना रही है वहीं यह बेरोज़गार की समस्या हल करने की भी मददगार बनी है

प्र धाानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पूर्व प्र धाानमंत्री राजीव गां धी को उनकी जयन्ती पर श्रद्वांजलि दी है

राजीव गांधी की जयंती प्रदेशमर में सदमावना दिवस के रूप में मनाई गई और इस अवसर पर कई कार्यक्र म आयोजित किए गए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला स्थित राजीव चौक में राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भेंट की उन्होंने लोंगो को एकता और अखंडता की शपथ भी दिलाई शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित की इघर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी राजीव भवन शिमला में पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धासुमन अर्पित किए पार्टी के प्रदेश महासचिव हरमजन सिंह मज्जी ने कार्यकर्ताओं से सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए राजीव गांधी के दिखाये मार्ग पर चलने का आहवान किया

यह निर्णय जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी के नेतृत्व में हिलाल कमेटी के आ धाार पर लिया गया है जिसमें बताया गया है कि देश के विभिन्न शहरों में चांद देखा गया है